इस अवसर पर अमित शाह राजनाथ सिंह और नितिन गड़करी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जबकि कांगड़ा लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर ने कांगड़ा में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश प्रभारी तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे भाजपा के चारों उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर लिए हैं वहीं कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों ने ही अब तक अपने पर्चे भरे हैं

इस दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं बूथ लेवल अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भारत का नक्शा बनाकर लोगों को वोट की अहमियत बताई इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने सभी को मतदान की शपथ भी दिलाई उन्होंने सभी से मतदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि दिव्यांगजन और बुजुर्गो के लिए मतदान केंद्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी उन्होंने कहा कि शतायु मतदाताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें मतदान के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा पूर्वाभ्यास लोकसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में आज पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में पूर्वाभ्यास करवाया गया

सहायक निर्वाचन अधिकारी अमर नेगी ने बताया कि इस दौरान मशीनों से संबंधित विस्तृत जानकारी पीठासीन अधिकारियों को दी गई निधन कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री चौधरी विद्यासागर का कल रात उनके पैतुक गांव जमानाबाद में निधन हो गया

चौधरी विद्यासागर कांगड़ा से चार बार विधायक रहे और भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व मंत्री चौधरी विद्या सागर के निधन पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि वे एक महान नेता थे जिन्होंने गरीबों व पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है राजवंत संधू राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की राज्य समिति की अध्यक्ष राजवंत संधू ने कहा है कि अपविष्ट निस्तारण के प्रबंधन को लेकर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं कुल्लू में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि स्वस्थ पर्यावरण के लिए एनजीटी द्वारा जंगलों की सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित बनाया जा रहा है राजवंत संधू ने कहा कि जिले में मनाली सहित विभिन्न पर्यटन स्थल और नदी नाले हैं उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को राजमार्ग के अनेक स्थानों पर फैली गंदगी का जल्द समाधान करने को कहा बाद में पत्रकारों से बातचीत में राजवंत संध् ने कहा कि नदियों में आने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे उन्होंने हिमाचल को एक स्वच्छ राज्य बताते हुए कहा कि इसका वैभव कायम रखने के लिए अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है

बौद्विक सम्पदा का तात्पर्य बौद्विक सुजन आविष्कार साहित्य और कलात्मक कार्यो के साथ साथ व्यावसायिक गतिविधियों में प्रतीकों नामों और छवियों का इस्तेमाल करने से है